जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से चल रहे आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में किया गया प्रबंधन परिषद का गठन

ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल रूप में आयोजित कार्यक्रम के जरिये दिए जाएंगे

इन श्रेणियों में विश्वविद्यालय एनएसएस इकाइयां और कार्यक्रम अधिकारी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक शामिल हैं युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजीजू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे युवा मामले विभाग हर वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों और नागरिकों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया आंदोलन के एक साल पूरे होने पर किया जा रहा है कार्यकम के प्रतिभागी इस दौरान प्रधानमंत्री से अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी तंद्रूस्ती की कहानियां सुनाएंगे और अन्य लोगों को इस सिलसिले में आवश्यक सलाह भी देंगे कार्यकम में शामिल होने वाली हस्तियों में चूरू जिले के पैरालपिक खिलाड़ी देवेन्द्र झाझड़िया भी हैं श्री झाझड़िया अभी गांधीनगर में स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के कोच हैं इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले वे एकमात्र निःशक्तजन होंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक औद्योगिक श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करेंगे और आर्थि क विकास तेज करेंगे

कल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया सत्र एक अक्टूबर तक चलने वाला था लेकिन कोविड चिंताओं के कारण इसे निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया इस बार के मानसून सत्र में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कई नई व्यवस्थाएं की गई थीं दोनों सदनों को अलग अलग स्थानों से काम करना पड़ा जिसमें संसद के दोनों सदनों के कक्ष और दीर्घाएं भी शामिल थीं संसद ने अंतिम सप्ताह में शनिवार और रविवार को भी सामान्य अवकाश लिए बिना कार्य किया

राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के आकस्मिक निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या एक लाख को पार कर गई है कल एक ही दिन में डेढ़ हजार से अधिक लोग ठीक हुए हैं

रैली को जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे

इसके मुख्य वक्ता सवाई माधोपुर के अग्रणी बैंक प्रबंधक के एन शर्मा और बड़ौदा आर सेटी के निदेशक आर सी मीना होंगे वेबिनार में विषय विशेषज्ञों द्वारा आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत विभिन्न रोजगार स्वरोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी